गौरतलब है कि विश्वासमत प्रस्ताव पर मतदान के बिना कल रात विधानसभा स्थगित कर दी गई कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्वारमैया ने कहा कि विश्वासमत प्रस्ताव पर चर्चा और शक्ति परीक्षण मंगलवार शाम आठ बजे तक पूरा कराया जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने सुझाव दिया कि चर्चा शाम चार बजे तक पूरी कर ली जाए इसके बाद मुख्यमंत्री अपना जवाब दें और मतदान शाम छह बजे तक करा लिया जाए विधानसभा अध्यक्ष ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया और सदन की बैठक आज तक के लिए स्थगित कर दी भारतीय जनता पार्टी सदस्य मधुस्वामी ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को अपने वायदे के अनुसार शक्ति परीक्षण तुरंत करा लेना चाहिए

राज्यसभा ने कल इसे पास किया लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है

इस विधेयक में राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों का कार्यकाल पांच से घटाकर तीन वर्ष करने की व्यवस्था है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए सरकार मानवाधिकार संस्थाओं की स्वायत्ता और मानवाधिकार संरक्षण के प्रति गंभीर है

इनमें वैज्ञानिकों के साथ आम लोग भी शामिल थे

आकाश में जाने के मात्र सोलह मिनटके भीतर ही चंद्रयान ने निर्दिष्ट चंद्र कक्षा में प्रवेश कर लिया था

पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को हर वर्ष आठ प्रतिशत की दर से विकास करना होगा

तीव्र आर्थिक वृद्धि और देश से गरीबी हटाने के लिए आधारभूत ढांचेका मजबूत होना जरूरी है

इसके लिए सरकार दीर्घ कालिक बॉन्ड बाजार को मजबूत करने के लिए चालू वित्त वर्ष में ऋण गारंटी संवर्धन निगम की स्थापना करेगी

उन्होंने कहा कि निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों से संबंधित पेड न्यूज का कोई मामला मंत्रालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस कार्य प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर क्रियान्वयन समिति गठित करने के लिये कहा है सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टर्स से कहा गया है कि सबसे पहले मास्टर्स ट्रेनर्स का चयन करें सभी अधिकारियों कर्मचारियों की ई मेल आईडी बनवाये मास्टर डेटा और फाईल हेड्स डेटा भी तय किए गए प्रारूप में उपलब्ध करवाये जिलों के सूचना विज्ञान अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं सभी कार्यालयों में जरूरी अधोसंरचना और डिजिटल हस्ताक्षर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है नस्तियों के डिजिटाइजेशन तथा पुरानी नस्तियों के विनिष्टीकरण के निर्देश भी दिये गये हैं

श्री सिंह ने बताया कि यह निर्णय क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों और किसानों की मांग पर लिया गया है उन्होंने कहा कि अन्य जिलों से भी इस तरह की मांग आने पर विद्युत सप्लाई के समय में परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा

इस तारीख के बाद भी यदि कोई चयनित बच्चा एडमिशन रिपोर्टिंग के लिए शेष रह जाता है तो संबंधित स्कूल ही इसके लिए उत्तरदायी होगा

पालकों को पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सीधे स्कूल जाना होगा टेनिस कटक में कल संपन्न हुई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में मेजबान भारत ने सातों स्वर्ण पदक जीत लिए हैं हरमीत देसाई ने कल पुरुष सिंगल्स और अयहिका मुखर्जी ने महिला सिंगल्स खिताब जीता

इंग्लैंड ने दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते सिंगापुर को छह कांस्य पदक मिले मलेशिया और नाइजीरिया ने एक एक कांस्य पदक जीता

उधर श्योपुर के मढ़ा गांव में दो महिलाएं बिजली की चपेट में आ गई जिसमें से एक की मृत्यु हो गई मुरैना जिले के तोड़ी गांव में भी एक चरवाहे पर बिजली गिरने से उसकी मृत्यू हो गई मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है भोपाल में आंशिक बादल छाये रहेंगे और शहर में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है

साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए फेसिंग और सिंचाई की व्यवस्था करने को भी कहा

कलेक्टर अनुराग चौधरी ने कल उत्कृष्ट विद्यालय मुरार में दसवीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाया